आरजीयू के अड़तीसवें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हए राज्यपाल ने छात्रों से कहा कि हमे जान के लिए अध्ययन करने चाहिए न कि केवल प्रमाणन के लिए

राज्य के शिक्षा परिदृश्य के बारे में श्री खांडू ने कहा कि ग्णवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलॉग के क्लपति प्रो एस के श्रीवास्तव ने स्थापना दिवस व्याख्यान दिया आरजीयू के क्लपति प्रो साकेत क्शवाहा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया

बैठक की अध्यक्षता करते हए योजना और निवेश विभाग के सलाहकार जंबे ताशी ने कहा कि क्षेत्रीय पूर्व बजट परामर्श बैठकों के संचालन करना सरकार की दृष्टि से सभी हितधारकों से बह्मूल्य स्झाव प्राप्त कर एक प्रभावी यथार्थवादी और लोगों के अन्कूल बजट दो हजार इक्कीस बाईस तैयार करना है उन्होंने कहा कि वार्षिक बजट लोगों और सरकार के समग्र विकास योजना बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है

श्री डादम ने कहा कि सड़क राज्य और राष्ट्र के लिए रणनीतिक रुप से महत्वपूर्ण है उन्होंने ठेकेदारों और इंजीनियरों को तीन गुणा मजदुरों और मशीनों को तैनात करके सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया उन्होंने उम्मीद जताई कि मार्च दो हजार इक्कीस तक कम से कम सौ किलोमीटर सड़क प्री हो जाएगी

हालहीं में दिरांग और बोम्डिला अंचल के किसानों को जागरुक करने के लिए साइंटिस्ट फर्मर्स परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें संस्थान के निदेशक डॉ मिहिर सरकार कृषि वैज्ञानिक डॉ के के बरुआ सहित संस्थान के कई वैज्ञानिकों ने याक पालक किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए उनसे मिलने वाले उत्पादों से बाजार की मांग को ध्यान में रखकर अच्छे उत्पाद बनाने का स्झाव दिया संस्थान ने दिरांग के आस पास के करीब सत्तर जनजातीय किसानों को वैज्ञानिक तरीके से याक पालन के लिए ट्राइबल सब प्लान से सहायता प्रदान की है

इस अवसर पर लोक सभा सांसद तापिर गाव स्थानीय विधायक निनोंग इरिंग विधायक कालिंग मोयोंग पी एच ई डी के कार्यकारी अभियंता टी पाद्रंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे अपने संबोधन में श्री लोवांग ने कहा कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत करीब एक करोड़ रूपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण किया गया है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार चौबीस तक देश के प्रत्येक घर में नल के जरिए जल पहंचाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल आपूर्ति परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है